वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या चार सौ से ज्यादा हुई

स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने शुरू किया दीक्षा प्लेटफॉर्म

प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना से संकमित लोगों की संख्या बढ़कर चार सौ से ज्यादा हो गई है

सबसे ज्यादा मरीज इंदौर में हैं यहां कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या सवा दो सौ से ज्यादा हो गई है वहीं भोपाल में भी मरीजों की संख्या सौ के आसपास पहुंच गई है प्रदेश में आज से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी मास्क के तौर पर बाजार में मिलने वाला या घर में बनाया गया तीन परतों वाले मास्क को उपयुक्त बताया गया है

इसके जरिए ई पास हासिल किये जा सकते हैं यह सुविधा परिवार में किसी के निधन या आकस्मिक चिकित्सा के दौरान ही मिलेगी

देवास जिले में तीन कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से एक की मृत्यु हो गई है इनके संपर्क में आने वालों की सुची तैयार कर उन्हें क्वॉरेंटाइन करने की तैयारी की जा रही हैं दिल्ली के मरकज से लौटे मेडिकल कॉलेज शहडोल के एक एसोसिएट प्रोफेसर को ट्रेवल हिस्ट्री छिपाने के आरोप में निलबिंत कर दिया गया है छिन्दवाड़ाके मालहनवाड़ा में एक मृतक के परिजनों में दो सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है होशंगाबाद के मेहरागांव में कोरोना संदिग्ध परिवारों के घर पर्ची लगाने के कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में एक रोजगार सहायक की सेवायें समाप्त कर दी गई कोरोना वायरस से बचाव के लिए जबलपुर जिला आयुष विभाग की टीम घर घर जाकर दवा वितरित कर रही है शहडोल जिले में घर घर राशन पहंचाने की योजना बनाई गई है

खरगोन में दो महिलाओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है

नीमच में कोरोनावायरस के चलते सीआरपीएफ का शौर्य दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम रदद कर दिया गया है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि राज्यों की मदद के लिये उच्चस्तरीय दल बनाये गये हैं इन्हें बिहार कर्नाटक महाराष्ट्र मध्यप्रदेश तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सहित नौ राज्यों में भेजा गया हैं पेंशन खंडन केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की पेंशन में तीस प्रतिशत की कटौती करने की खबरों का खंडन किया है

इस सेमीनार में विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनेस्को फ़ांस दक्षिण कोरिया सहित विभिन्न देशों और संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वैम्पती और द्रदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक अग्रवाल सहित विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित किया आकाशवाणी समाचार की ओर से इस सेमीनार में अतिरिक्त महानिदेशक अतुल तिवारी उपनिदेशक शत्तीकिशोर और भोपाल और गुवाहाटी के प्रादेशिक समाचार के प्रमुख संजीव शर्मा और मानस प्रतिम शर्मा ने भी हिस्सा लिया चरक मोबाइल चिकित्सा भोपाल में निशातपुरा स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच के लिए एक चलित डॉक्टर बूथ तैयार किया है इसका नाम चरक रखा गया है इस बूथ के जरिये डॉक्टर कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आये बिना उनकी जाँच कर सकेंगे

कोरोना को लेकर शहडोल संभाग के प्रभारी कमिश्नर डाक्टर अशोक कुमार भार्गव ने उमरिया जिले के बांधवगढ़ के ताला में अधिकारियों की बैठक लेकर जानकारी प्राप्त की उमरिया जिले के नौरोजाबाद में एसईसीएल कंपनी और नगर परिषद् संयुक्त रूप से सभी वार्डो को सेनेटाइज कर रही हैं

लाक डाउन के कारण सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों से घरों में ही इबादत करने की अपील की गई है